कोरोना वायरस के कारण राज्य के सभी जेलों में बंद कैदियों से परिजनों के मुलाकात पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया

प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हए सतर्क रहना चाहिए राष्ट्र के नाम सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक बहत जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें प्रधानमंत्री ने कहा कि साठ वर्ष से ऊपर उम्र के लोग अगले कुछ सप्ताह तक घर में ही रहकर विशेष सतर्कता बरतें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे उन्होंने कहा कि रविवार को लोगों का यह प्रयास राष्ट्रीय हित में कार्य करने के संकल्प और संयम का प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उन लोगों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हिफाजत में लगे हैं

रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी रविवार सुबह चार बजे से नहीं चलेंगी सभी उपनगरीय रेलगाड़ियां की संख्या सीमित कर दी जाएगी कल सुबह सात बजे पहले से ही चल रही रेलगाड़ियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इनमें कहा गया है कि सांस संबंधी गंभीर रोगों दम फूलने बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले प्रत्येक रोगी की कोरोना वायरस संक्रमण की लिहाज से भी जांच की जाएगी

परिषद ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वसनीय जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

राज्य के सभी जेलों में बंद कैदियों से परिजनों के मुलाकात पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है कोरोना वायरस के मद्देनजर रिम्स के पेईग वार्ड में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से आज से किसी भी व्यक्ति से मिलने पर रोक लगा दी गयी है इस बीच अपने पिता से मिलने पहुंची बेटी व सांसद मीसा भारती को लालू प्रसाद से बिना मिले वापस जाना पड़ा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

इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किये हैं

बोकारो जिले में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है

इसका उद्देश्य बाजार में धन की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में यह जानकारी दी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल्याण मंत्री चम्पई सोरेन के पिता सिमल सोरेन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है